केन्द्र सरकार ने मीडिया की इन रिपोर्टो का खंडन किया है कि पचास करोड़ मोबाइल नम्बरों के कट जाने का खतरा है दूरसंचार विभाग और विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आज नई दिल्ली में संयुक्त बयान में कहा कि ये खबरे निराधार है बयान में स्पष्ट किया गया है उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह नही कहा कि आधार कार्ड के जरिये लिये गये मोबाइल नंबर कट जायेंगे

प्रस्तावित प्रक्रिया में व्यकित का टाईम स्टैम और भौगोलिक तालमेल के साथ लीइव फोटों लिया जायेगा और सिम कार्ड जारी करने से पहले इसे ओटीपी के जरिये प्रमाणित किया जायेगा मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि स्कूलों को मान्यता देने सम्बधी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नियमों में सुधार किया गया है उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी सीबीएसई के मान्यता फोर्मस की जांच करेंगे नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री जावेड़कर ने कहा कि इससे सीबीएसई के कामकाज़ में पारदर्शित आयेगी और प्रक्रिया आसान होगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि सीबीएसई ने स्कूलों को मान्यता देने और राज्य स्तरीय अनापति प्रमाण पत्र देने के नियमों में बदलाव किया है ताकि गैर जरूरी चीजों की पनवर्ति न हो उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट संतोषजनक होने पर बोर्ड स्थलों को लैटर आफ इनटेंट जारी करेगा म्ख्यमत्री श्री मनोहर लाल ने दशहरे के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व श्भकामनाएं दी है आज चंडीगढ़ में जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दशहरा ब्राई पर अच्छाई की जीत है और यह हमें ब्राईयों का अंत करने और जीवन में सदग्ण एवं सदाचार को ग्रहण करने की प्ररेणा देता है ऐसे महोत्सव हमारी समृद सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर के प्रतीक है वैचारिक और धार्मिक संकीर्णता और सांप्रदायिक भेदभाव के भ्लाकर पूरे हषोल्लास से मनाना चाहिए उन्होंने कामना की है कि ये त्यौहार हर प्रदेशवासियों के जीवन में शांति खुशहाली और समृद्वि लेकर आये

श्री मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में यह जानकारी दी प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा उन सभी का सम्मान करती है जिन्होंने देश की सेवा की हो चाहे वे किसी भी पार्टी के हो श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कई बड़ी विभूतियों के योगदान को सम्मानित करती है जिसको कांग्रेस सरकार ने कई दशकों के अपने शासन में नज़रअंदाज किया था हरियाणा में मस्जिद में आंतवादियों द्वारा पैसा भैजे जाने के मामले पर हरियाणा के प्लिस महानिदेशक बी एस संधू ने कहा है कि राज्य और केन्द्र सरकार मिलकर इसकी जांच कर रहे है

ग्रूग्राम में जज की पत्नी व बेटे की हत्या मामले बारे उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय हे प्लिस में जवानों पर मानसिक दबाव कम करने का प्रयास किया जायेगा

श्री शर्मा ने आज चंडीगढ़ में बताया कि रोजगार के मामले में छात्राओं को ज्यादा परेशानी होती है

हरियाणा सरकार माल एवं सेवाकर के मामलों के त्वारित निपटारे हेत् हिसार में माल एवं सेवाकर अपीलीय ट्रिब्यूनल की राज्य बैंच गठित करने का केन्द्र से आग्रहकरेगी आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने आज चंडीगढ़ में बताया कि मुख्यमंत्री ने इस आश्य का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है

इससे पूर्व वैट व्यवस्था के तहत राज्य में सवा दो लाख सक्रिय पंजीकृत डीलर थे अत राज्य के लिये जीएसटी अपीलीय ट्रिब्य्नल के राज्य बैंच की आवश्यकता है

इसी दिन रोहतक शहर में एलवेटिड ट्रैक लोगों को सर्पित किया जायेगा सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने चंडीगढ़ मे एक प्रैसवार्ता में बताया कि कृषि और किसान कल्याण मत्री श्री ओ पी धनखड़ इन जनसभाओं के समन्वयक होंगे

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जैन भी मौजूद थे छात्र संघ च्नावों बारे प्छे जाने पर श्री ग्रोवर ने कहा कि ये चुनाव शांतिपूर्ण रहे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल के न्कसार का नुकसान का मुआवजा दिया जायेगा चाहे उन्होंने फसल बीमा करवाया है या नहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी नगर चुनावों के लिए तैयार है त्यौहारों के बाद इनकी घोषणा की जायेगी और भाजपा पार्टी के च्नाव चिन्ह पर लड़ेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के तीन नये खंडों के सक्षम खंड होने की घोषणा की है

शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने अभियान के तहत खंड बनाने में सक्रिय भुमिका निभाने वाले अध्यापकों व अधिकारियों को बधाई दी और उम्मीद जताई है कि शिक्षा की ग्णवता में सुधार के लिए प्रयास जारी रहेंगे अम्बाला के उपायुक्त शरणदीप कौर बराइने जिला मुखालय पर अन्त्योदय भवन केन्द्र का लोकार्पण किया

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज श्री माता मनसा देवी मंदिर में प्जा अर्चना की और प्रदेशवासियों को नवरात्रों और दशहरो की श्भकामनायें दी श्री आर्य ने सपरिवार माता मनसा देवी में पूरी श्रद्वा के साथ मंत्रोच्चारण क बीच मां द्र्गा की स्त्ति की और प्रदेश की ख्शहाली की प्रार्थना की

इसके अलावा दर्शकों को प्रसिदव नर्तक रिला छोटा दवारा प्रस्त्त ओडीसी मणिप्री कृच्चीपुड़ी व कत्यक का संगम भी देखने को मिलेगा